उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रुप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जों सच नहीं है श्री शाह ने मुसलमान समुदाय को आश्वास्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है और इस विधेयक में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है श्री शाह ने कहा कि इस कानून से पड़ोसी देशों पाकिस्तान अफगानिस्था और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों के जीवन में रोशनी आयेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को एक ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती आज सवेरे नई दिल्ली में भाज लोक सभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है लोकसभा ने कल सभी दलों के समर्थन से एक सौ छब्बीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया विधेयक पर हुए मत विभाजन में सदन में उपस्थित सभी तीन सौ पच्चपन सदस्यों ने इसका समर्थन किया संशोधन विधेयक में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है इसे दस वर्ष और बढ़ाकर पच्चीस जनवरी दो हजार तीस तक करने का प्रस्ताव है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्तार एक उचित कदम है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर निजी उद्योगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है विधि मंत्री ने बताया कि विधेयक में एंग्लों इडियन समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल संख्या दो सौ छियानवें रह गई है मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कानून लागू करने वाले एजेंसियों से नशीली पदार्थों के खतरों को समझते हुए उनसे अपने मशीनरी को इसके रोकथाम नियंत्रण और इसे प्ररी तरह मिटाने में इस्तेमाल करने का आह्वान किया नार्कोटिक्स ड्रग्स और साईकोट्रोपिक पदार्थों के नियंत्रण और समन्वय के लिए गठित राज्य स्तरीय बहु अनुशासनिक समन्वय समिति की द्रसरी बैठक को संबोधित करते हुए कल राजधानी ईटानगर में श्री कुमार ने यह बात कही इस दौरान श्री कुमार ने जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षको से अपने संबद्ध जिलों में नशीली पदार्थों के बढ़ते चलन को रोकने के लिए प्रगाढ़ उपाय करने को कहा

निरजुली स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नेरिस्ट ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के इस्तेमाल के लिए फ्रूट हार्वेस्टिंग लेडर और लोड केरिंग बासकेट विकसित की है ओड़िसा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भूवेनेश्वर में श्रम दक्षता शास्त्र और कृषि में सुरक्षा पर आयोजित अखिल भारती समन्वय अनुसंधान प्रोजेक्ट पर कार्यशाला के दौरान उपकरणों और किसानों की फीडबैक जारी किया गया इस अवसर पर उपकरणों के फोटों के साथ उपकरणों के विवरण और विडियों से भरे एक डी वी डी भी जारी की गई वेस्ट सियांग जिला मुख्यलय आलो में सप्ताहभर से पीने के पानी की आपूर्ति की गंभीर कमी है

सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग कर रहे है जिला प्रशासन ने संबंद्ध विभाग से इस मसले को सुलझाने का निर्देश दिया

वहीं शनिवार को स्पेशल प्लास्टिक कलेक्शन और जागरुकता कार्यक्रम के तहत सीमा सड़क संगठन के कर्मियों ने प्लास्टिक कचरा इकट्टे किए